सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया

केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षामंत्री और प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की फिर से नेता चुनी गयी हैं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

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ देश के सभी किसानों को देने का फैसला किया इससे पहले दो हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा था नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि संशोधित योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खाते में एक वर्ष में तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपये की राशि अंतरित की जाती है

इस सूचना के बाद से पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने दल के सदस्यों की खोजबीन शुरू कर दी है राजस्व टीम के अलावा एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम भी पर्वतारोहियों की तलाश में जुटी हुई है इसके लिए सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आईटीबीपी का दस सदस्यीय खोज व बचाव दल मिलम के रास्ते नंदा देवी बेस कैंप पहुंच गया है एसडीआरएफ का छह सदस्यीय दल नैनसिंह टॉप पहुंच गया है एसडीआरएफ दल में दो डॉक्टर एक फार्मिस्सट एक वॉर्ड ब्वॉय और दो पोर्टर हैं पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि पर्वतारोहियों की ढंढूखोज के लिए एसडीआरएफ के अलावा रेकी के लिए एक टीम हेलीकॉप्टर से भी भेजी रही है

गौरतलब है कि इस दल के टीम लीडर इंग्लैंड के मार्टिन मैक्लारन हैं

इसके बाद से दल को कुछ पता नहीं चला है इस दल को आज मुनस्यारी लौटना था

इसके अलावा सभी स्वरोजगार अपनाने वाले उद्यमियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा राज्य सरकार ने खादी बोर्ड और खादी आयोग को भी व्यापक स्तर पर स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने का टारगेट दिया है

कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी टी एस मर्तोलिया ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है उन्होंने सुखे और गीले कूड़े को घर घर से उठाने के लिए अधिशासी अधिकारियों को अलग अलग कूड़ेदानों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि शहर से बड़े कुड़ेदानों को हटाने की व्यवस्था तभी सफल होगी जब डोर ट्र डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था लागू होगी कार्यशाला में नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्षों अधिशासी अधिकारियों और वार्ड सदस्यों को शत प्रतिशत स्वच्छता की शपथ दिलाई गई स्लग दुर्घटना प्रदेश में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि सात अन्य घायल हो गए हैं प्राप्त सूचना के अनुसार ऋषिकेश कीर्तिनगर मार्ग पर एक कार की टक्कर से पैदल जा रहे तीन साधुओं में से एक की मृत्य हो गई जबकि दो घायल हो गए घायल साध्ओं को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है उधर अल्मोड़ा रानीखेत मोटरमार्ग पर कटपुड़िया के निकट एक कार के खाई में गिरने से एक यात्री की मृत्यु हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए कार अल्मोड़ा से रानीखेत जा रही थी स्लग मौसम मई महीने के बाद जून का पहला दिन भी प्रदेशवासियों के लिए गर्मी से कोई राहत लेकर नहीं आया पहाड़ से लेकर मैदान तक गर्मी का प्रकोप नजर आ रहा है सुबह से ही धूप की तपिश से लोग बेहाल हो रहे हैं

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है लेकिन मैदानी इलाकों में तपिश बरकरार रहेगी

पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि और मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगह अंधड़ की भी संभावना है

इसके साथ ही लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान के साथ खोले गए आज सुबह श्रद्दालुओं का पहला जत्था घांघरिया से चलकर हेमकुंड साहिब पहुंचा

यहां हर साल लाखों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं इसी स्थान पर हिन्दुओं के लोकपाल लक्षमण का मंदिर भी है मान्यता है कि यहां पर लक्षमण जी ने तपस्या की थी

हल्द्वानी बागेश्वर समेत कई जिलों में जगह जगह जंगलों में लगी आग से अमूल्य वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है बागेश्वर जिले में वनाग्नि बेकाबू होती जा रही है

हजारों वन्य जीव हताहत हुए हैं

वनों को बचाने के लिए वन विभाग सरपंचों से लेकर ग्राम प्रधानों के साथ कई बार बैठक कर चुका है यहां तक की वनों में आग लगाने वालों नाम बताओ ईनाम पाओ तक की घोषणा हो चुकी है इसके बाद भी जंगलों का धधकना कम नहीं हो रहा है इन दिनों बैजनाथ धरमघर और बागेश्वर रेंज से सटे कई जंगल सुलग रहे हैं गांव से लेकर शहर तक धुएं की आगोश में आ गए हैं जिलाधिकारी राहुल गोयल ने वन विभाग को वनाग्नि की घटनाओं के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी न दिए जाने पर नोटिस जारी किया है

उधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने वनाग्नि रोकने के लिए लगाए गए नोडल अधिकारियों की जिम्मेदी तय करते हुए कहा कि जिस नोडल अधिकारी के क्षेत्र में आग लगने की घटना घटित होती हैवे कन्ट्रोल रूम को सूचना दे और आग बुझाने की कार्रवाई करें उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी से उन ग्राम प्रहरियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिये हैं जो वनों में आग लगने की तत्काल सूचना नहीं देंगे

इस अवसर पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे

कादिर नाम का कैदी हथकड़ी से हाथ निकालकर पुलिस हिरासत से फरार हो गया

अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैदी के भागने की तस्वीर कैद हो गई है उसकी तलाश के लिए चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है

सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाले क्रैंक फेस्टिवल को लेकर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने एक बैठक की बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिये इस फेस्टिवल में में कला संगीत शिल्पकारी फोटोग्राफी नृत्य गायन आदि गतिविधियां संचालित होंगी